विधानसभा सत्र राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा

सत्र के पहले दिन कल पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केन्द्रीय मंत्री पूर्व मुख्य चूनाव आयुक्त सहित तमाम दिवंगत नेताओं को श्रद्वांजलि दी गई उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई सदन में कल चुनाव अपराधो से संबंधित मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अध्यादेश के साथ नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत होना था वहीं चिकित्सा जल संसाधन उच्च शिक्षा विभाग संबंधित संशोधन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से संबंधित विषय भी सदन के पटल पर रखा जाना था जो आज सदन में प्रस्तुत किया जायेगा

राज्य में यूरिया संकट के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विधायक हाथों मे तख्ती और ऐप्रिन पहनकर प्रदर्शन करेंगें नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में किसान हताश निराश और लाचार है उन्होंने दावा किया कि एक वर्ष के भीतर सैकड़ो किसान आत्महत्या कर चुके हैं श्री भार्गव ने कहा कि विधानसभा सत्र में भाजपा विधायक दल किसानों की आवाज प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम करेगें अमित शाह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में अल्प संख्यकों के विरूद्व कृष्ठ भी नहीं है उन्होंने विपक्ष पर इस कानून के बारे में झुठा प्रचार करने का आरोप लगाया मुम्बंई में इंडिया इकॉनॉमिक कॉनक्लेव में अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि इस कानून का विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जा रही है केवल तोड़ फोड़ और आगजनी में लिप्त लोगों के खिलाफ कारवाई हो रही है परीक्षा तिथि केन्द्रीय माध्यिमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है

सीबीएसई माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है

विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कार्रवाई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की है आदेश में कहा गया है कि निष्कासन अवधि में छात्र न तो कक्षा में उपस्थित हो सकेंगे और न ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर छात्रों का निष्कासन वापस लेने की मांग की है

इंदौर संभाग आयुक्त आकाष त्रिपाठी ने सोमवार को एक विषेष बैठक में जिला प्रषासन नगर निगम आबकारी परिवहन खनिज और सहकारिता सहित अन्य विभागों दवारा माफियाओं के विरुध्द चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की उन्होंने कहा कि आम नागरिक को प्लाट पर कब्जा दिलाने से लेकर मकान बनाने तक की प्रक्रिया में साथ दिया जाएगा संभाग आयुक्त ने नगर निगम टीएनसीपी आईडीए और सहकारिता विभाग को आपसी समन्वय से मकान बनाये जाने तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने और वास्तविक कब्जाधारी व्यक्तियों की पूरी मदद करने के निर्देष दिए

मप्र राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक एसके मंडल ने बताया है कि मेले में क्रेता विक्रेता सम्मेलन किया जाता है इसमें वन समितियों के सदस्य ग्रामीण औषधियों के जानकार और विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ग्रामीणों को अपनी औषधि के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने इस बार नेपाल भूटान श्रीलंका म्यांमार मलेशिया कंबोडिया थाईलैंड वियतनाम के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है जनता को आकर्षिक करने के लिए कवि सम्मेलन लॉफ्टर शो गजल गायन होगा इसके अलावा हर रोज अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय तानसेन समारोह का आज दूसरा दिन है

वहीं कर्नाटक की नाट्य संस्था नील कंठेश्वर नाट्य सेवा संघ के निदेशक के वेंकटेश एवं सचिव एन नारायण भट्ट को राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान से विभूषित किया गया तानसेन समारोह को संबोधित करते हए संस्कृति मंत्री डॉ साधौ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कला संस्कृति को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास किय जा रहे है मौसम उत्तर भारत में बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

उमरिया में सदी की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा सड़के सूनी रही नगरपालिका ने यहां जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है

मौसम विभाग ने आज इंदौर भोपाल ग्वालियर चंबल उज्जैन होशंगाबाद जबलपुर सागर और रीवा संभाग के जिलों में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है क्रिकेट भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रंखला का दूसरा मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा मैच दोपहर बाद डेढ़ बजे से शुरू होगा आकाशवाणी से इसका आंखों देखा हाल सुनाया जायेगा चेन्नई में पहला एक दिवसीय मैच जीतकर वेस्टइंडीज श्रृंखला में एक शून्य से आगे है